इन गतिविधियों के शुरू होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है ग्रीन जोन में शामिल बारां जिले में बाजारों में थोड़ी चहल पहल नजर आयी वहीं सरकारी कार्यालय भी आज से खुल गए हैं इस दौरान सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक दुकाने ही खोली गयी हमारे संवाददाता ने बताया कि रेलवे फाटक पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी देखने को मिला इधर बाड़मेर के चौहटन कस्बे में आज बिना स्वीकृति वाले द्रकानदारों ने भी दुकानें खोलीं सूचना मिलने पर पुलिस ने दुकाने बंद करवायी

जैसलमेर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित दुकाने जैसे कॉकरी फैन्सी स्टोर हार्डवेयर और भिठाई की दुकानें खोलने की शिकायत भिलने पर पुलिस ने उन्हें बंद करवाया और आगे भी बंद रखने की हिदायत दी धौलप्र में पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ फलैग मार्च किया

सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भी आज आवश्यक सेवाओं वाली द्रकानें ही खोली गयी चूरू जिले में सरदारशहर और चूरू को छोड़कर बाकी स्थानों पर लॉकडाउन में छूट दी गयी है इन स्थानों पर आज बैंक खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने बैंकों से जुड़े अपने काम किए करौली में मी लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिली हैं

करौली जिले के अधीनस्थ न्यायालयों में आज दोपहर में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाइन हुई श्रीगंगानगर में आज ट्रांसपोर्ट में राहत मिलने पर वाहनों की लम्बी कतारें देखी गयी राजसमंद में जिला कलेक्टर ने उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों और दुकानदारों के साथ बैठक कर उद्योग घंघे खोलने को लेकर विचार विमर्श किया

इधर राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई मित्र परियोजना के कियोस्कधारकों द्वारा ई मित्र सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है

राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसी गतिविधियों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं

स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसक घटनाओं व्यक्तिगत सुरक्षित दूरी और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही नियमों के उल्लंघन के समाचार मिले हैं इनमें प्रदेश की राजधानी जयपुर का नाम भी शामिल है

आज सत्तावन नये मामले सामने आये है

जहां एक ओर सरकार विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जुटी हुई है वहीं विद्यार्थी भी लॉकडाउन का पालन कर और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से पढाई कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं ब्रंदी के मेडिकल स्टूडेंट विनायक भारद्वाज का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेज के साथ साथ वे मेडिटेशन भी कर रहे हैं

वे इस समय का उपयोग तीरंदाजी के अभ्यास में भी कर पा रहे हैं

जिला कलेक्टर ने बताया कि बटालियन के उप कमांडेंट ने इसके लिए निवेदन किया था पाली के मालवीय नगर में आज सफाइकर्मियों का अभिनंदन किया गया

झुंझुनू ज़िले के पिलानी के भूतपूर्व सैनिक अनिल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि वे हर वक्त प्रलिस की मदद के लिए तैयार है

औषधि नियंत्रण अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे रोजाना इससे जुड़ी सूचना संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि विभाग की टीम ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनकी स्कीनिंग और जांच की कार्यवाही कर सकें विभाग का कहना है कि सामान्य फ़लू और कोरोना संकमण के शुरूआती लक्षण पहली बार देखने पर एक जैसे ही लगते हैं ऐसे में बिना चिकित्सा परामर्श के दवाइयां ले रहे लोगों के कारण उनका डाटा संधारण और जांच किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है